मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरे राज्यों से राजस्थान लौटे श्रमिकों की श्रम शक्ति का उपयोग करने और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए है उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बाहर से आए जो श्रमिक वापस नहीं लौटना चाहते उन्हें प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गो के स्वास्थ्य की देखभाल करने इन्हें मास्क लगाने सोशल डिस्टेसिंग अपनाने सहित नया हेल्थ प्रोटोकॉल अपनाने के लिए जागरूक किया जाए इसके लिए विशेष अभियान शुरू किया जाए श्री गहलोत ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि बीते पांच दिनों से राजस्थान में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या लगभग स्थिर है मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समी जिलों में कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी संक्रमण की स्थिति की नियमित समीक्षा करने के साथ ही स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबंधित जोन का निर्धारण करने के सम्बन्ध में निर्णय लें

उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा सुबोध अग्रवाल ने बताया कि एयरपोर्ट पर सभी प्रवासियों को अनिवार्य रुप से आरोग्य सेतु और राजकोविड एप डाउनलोड करवाया जा रहा है वहीं सभी विदेशी फ्लाइटों से आने वाले राजस्थानी प्रवासियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकाल की सख्ती से पालना की जा रही है इधर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का भी काम जारी है

इधर बीकानेर से पश्चिम बंगाल के लिए आज पहली श्रमिक ट्रेन रवाना होगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है पहले चरण में अलवर बांसवाडा जोधपुर करौली हनुमानगढ और प्रतापगढ जिलों के गजेटियर्स के लेखन और प्रकाशन का काम शुरू कर दिया गया है

अगले चरण में चूरू भरतपुर गंगानगर बीकानेर जैसलमेर और जालौर जिले की सूचना का संकलन तथा लेखन का कार्य किया जाएगा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों के गजेटियर्स लेखन में एकरूपता और प्रामाणिकता रखने के लिए इन्हें राज्य स्तर पर चुनिंदा लेखकों से ही लिखवाया जाए

वहीं दूसरे राज्य के एक अन्य व्यक्ति में भी इसकी पुष्टि हुई है

संबंधित राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों ने भी समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया

केन्द्र ने जोर देकर कहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों को भौगोलिक दृष्टि से तय करते समय मामलों की संख्या संपर्क और स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए इससे लॉकडाउन को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है शहरों को सलाह दी गई है कि ईलाकों को जिला प्रशासन द्वारा उचित तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनियां ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राजगढ थानाधिकारी विष्णु दत्त विश्नोई आत्महत्या प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है डा पूनिया ने अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा की जा रही मांग का समर्थन करते हुए श्री गहलोत से अनुराध किया कि प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाई जाये जिससे आमजन का व्यवस्था पर भरोसा कायम रहे और परिजनों को न्याय मिल सके केन्द्र सरकार देश में टिड़डी दलों को नष्ट करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है इस संबंध मे केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र तोमर ने कल नई दिल्ली में दोनो राज्यमंत्रियों पुरूषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी तथा सचिव संजय अग्रवाल के साथ बैठक की श्री तोमर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और स्थिति से तत्काल निपट रही है केन्द्र सरकार प्रभावित राज्यों के साथ निकट सम्पर्क में है और उन्हें सलाह जारी की गई है

दुर्गम स्थानों पर कीटनाशकों को छिडकाव करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा वहीं हवाई स्प्रे करने के लिए हेलीकॉप्टर काम में लिये जायेंगे ड्रोन और हवाईजहाज के माध्यम से कीटनाशकों के छिडकाव के लिए संसाधनों की खरीद के लिए अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सकिय होने से कई स्थानों पर तेज आंधी और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है इससे लोगों को तेज गर्मी और लू से राहत मिली है धौलपुर जिले के तसिमो गांव में कल आंधी तूफान से एक घर ढह जाने से एक परिवार के तीन लोगों की मृत्यू हो गई वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हई है

राजधानी जयपुर में कल देर रात से तेज ठण्डी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक शिव गणेश ने आकाशवाणी को बताया कि आज से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर यह स्थिति बनी रहेगी

प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे है